लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार अपने गृह जिले मंडी पहुंचेंगे उल्लेखनीय है कि इस बार मंडी संसदीय सीट पर भाजपा का मुकाबला पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा के साथ था और मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान मंडी की जनता से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में विशेष समर्थन मांगा था समर फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू हो गया चार दिवसीय इस उत्सव का विधिवत शुभारम्भ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया उत्सव के दूसरे दिन आज प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दलों के कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे दूसरी सांस्कृतिक संध्या आज पहाड़ी कलाकारों के नाम रहेगी कार्यशाला आपदा सूचना पहल विषय पर कल शिमला में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्व आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव डीसी राणा ने की उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिये राज्य सरकार ने आपदा सूचना पहल कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हर जिले से करीब दस स्वयंसेवकों को इस कार्यक्रम के लिये चुना जाएगा और उन्हें आपदा से निपटने के त्वरित तरीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा बागवानी मण्डी जिला में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करीब पौने चार करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है

चंद्रभागा संघर्ष समिति के अध्यक्ष ही राम गौड ने कहा है कि इस दौरान सेना के विशेषज्ञ डाक्टर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे उन्होंने सभी से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है खेल युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वचनबद्ध है वे कल सोलन में दो दिवसीय एचपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

मौसम प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि बीती रात अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होने व तेज हवाएं चलने से लोगों ने गर्मी से कुछ राहत की सांस ली है

तेज हवाओं के चलने से कई स्थानों पर पेड़ गिरने का भी समाचार है

विभाग ने पांच व छह जून को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है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 प्रदेश में खाली हुई दो विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है पार्टी सर्वेक्षण में जो सही उसी प्रत्याशी को मिलेगा टिकट मीडिया चर्चा में रहने वाले को नहीं जबकि दिव्य हिमाचल का लिखता है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा टिकट दैनिक जागरण की एक खबर है डस्ट स्वीपर मशीन से उठाई जाएगी सड़कों से धूल मंडी व शिमला में सफल रहा मशीन का ट्रायल

हिमाचल दस्तक लिखता है राज्य की हर सीएचसी पर नशेड़ियों की काउंसलिंग ड्रग्स के फैलते जाल के बीच सरकार के निर्देश दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है सूबे में निवेश की संभावनाएं खोजने जर्मनी व नीदरलैंड जाएंगे सीएम आपका फैसला के मुताबिक प्रदेश में मध्मक्खी पालन में सहयोग करेगा इजराइल पंजाब केसरी की एक खबर है इंजीनियरिंग महाविद्यालय नगरोटा बगवां में बीटेक का पेपर लीक सरकाघाट के छात्र के खिलाफ मामला दर्ज

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है छह जिलों में अंधड़ ओलावृष्टि और बारिश तीन दिन की चेतावनी जारी दैनिक जागरण का शीर्षक है पांच व छह जून को भारी बारिश की चेतावनी